श्री मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होने कहा कि कोरोना के इस कालखण्ड के संकट ने परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने और करीब लाने का काम किया है इस लम्बे समय में कई परिवारों में दिक्कतें हुईं

श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहानी और किस्सागोई की कला को आगे बढाने के लिए सराहनीय पहल करने वाले लोगों से बातचीत भी की प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में किसानों का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि कोरोना के इस विपरीत समय में हमारे किसानों ने अपना दमखम दिखाया है

श्री मोदी ने कहा कि कल शहीद भगतसिंह की जयन्ती है और दो अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयन्ती है जिनका भारत के निर्माण में अभिट योगदान है हम उनको नमन करते हैं कार्यक्रम के अंत में श्री मोदी ने लोगों से मास्क पहनने और दो गज की दूरी बनाए रखने की अपील की पूर्व केन्द्रीय मंत्री और बाडमेर के पूर्व सांसद जसवंत सिंह का नई दिल्ली में लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया है

जसवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यो में से एक थे देश के रक्षामंत्री विदेश मंत्री वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि जसवंत सिंह ने पहले एक सैनिक के स्लप में और बाद में राजनीति से जुड़कर राष्ट्र की सेवा की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गइलोत ने भी श्री सिंह के नियन पर दुख व्यक्त किया है जसवंत सिंह की पार्थिव देह आज विशेष विमान से जोथपूर लाई जाएगी और उनके फॉर्म हाउस पर अंतिम संस्कार किया जाएगा

उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अर्पाल की है घटना क्षेत्र के आस पास के गांवों और कस्वों में पुलिस की गश्त जारी है

आज विश्व पर्यटन दिवस है इस बार इसका विषय है पर्यटन और ग्रामीण विकास

कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर इमेशा मास्क पहनें और दो गज की दूरी बनाए रखें

बहुत आवश्यक होने पर टी घर से बाहर निकलें